कर्नाटक विधानसभा में कल एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विश्वासमत पर फैसला होना है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश क्मार खूद तय की गई समयसीमा के भीतर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए

इस विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाना है

संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या मौजूदा सात से बढ़ाकर बारह करने का भी प्रस्ताव किया गया है

इसी के चलते आज प्रश्नकाल नहीं चल सका प्रश्नकाल शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों ने राजधानी भोपाल में कल एक बच्चे की मौत के खुलासे सहित समूची कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की इस पर अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा कि विपक्ष प्रश्नकाल चलने दे इसी बीच भाजपा के सदस्यों ने लगातार अपनी मांग उठाते हुए हंगामा शुरु कर दिया चिकित्सा हड़ताल सातवें वेतनमान सहित पदोन्नति संबंधित मांगों को लेकर आज राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के करीब साढ़े तीन हजार चिकित्सा शिक्षक सांकेतिक हड़ताल पर हैं हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को दूर रखा गया है हालांकि चिकित्सा शिक्षक शिक्षण समेत अपने नियमित कार्यों से दूर रहेंगे चिकित्सा शिक्षकों का आरोप है कि पूरे प्रदेश में सभी विभागों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है लेकिन शासन की ओर से उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है शिक्षा करार प्रदेश में युवाओं में संप्रेषण कौषल और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये शिक्षा विभाग और केम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश केम्ब्रिज विश्वविद्यालय यू के के मध्य करार पर हस्ताक्षर हुए हैं

विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिये कई तरह की परीक्षाएँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य बिजनेस इंग्लिश सर्टिफिकेट बीईसी प्रदान करने में सक्षम होंगे उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे

प्रमुख सचिव गृह एस एन मिश्रा ने कल भोपाल में राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में ये निर्देष दिये उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा वाहन चलाने के बारे में स्कूल प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया साथ ही स्कूलों में पालक शिक्षक बैठक में पालकों को समझाइश देने को भी कहा बैठक में सड़क सुरक्षा के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया

इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुनील सिंह सुहाग होंगे

समारोह में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि होंगे